प्रदेश के सभी गांवों और मज़रों के बिजलीकरण का लक्ष्य आज पूरा कर लिया गया है

इसके अलावा रिकार्ड समय में एक लाख बीस हज़ार मज़रों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया गया है उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि चौहत्तर लाख इच्छुक घरों को सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी दिये गये हैं उन्होंने बताया कि अगले डेढ़ माह में व्यापक स्तर पर ट्रांसफ़ार्मरो की क्षमता में बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्यारह अक्टूबर दो हजार सत्रह को सौभाग्य योजना का शुभारम्भ किया था तीन तलाक़ से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से आज राज्यसभा में चर्चा के लिये पेश नहीं किया जा सका और सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिये स्थगित कर दी गई

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यह ऐसा विधेयक है जो बहुत से लोगों के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीक़े से प्रभावित करेगा लिहाज़ा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजकर इस पर विस्तार से बहस करानी चाहिये इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विधेयक है और विपक्ष इस विधेयक की मंजूरी में जानबूझ कर रूकावट पैदा कर रहा है दोनों पक्षों के अपने अपने रूख पर कायम रहने के कारण इस चर्चित विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद आख़िकार पूरे दिन के लिये स्थगित करनी पड़ी गौरतलब है कि लोकसभा विपक्ष के वाक आउट के बीच बीते गुरूवार को इस विधेयक को पारित कर चकी है विधेयक में एकबार में तीन तलाक बोलकर वैवाहिक रिश्ता तोड़ने को अमान्य और गैरक़ानूनी बनाने का प्रावधान है इसके लिये तीन साल तक जेल की सजा हो सकती है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि वह इस मामले में बेनकाब होने के बाद भाजपा सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है श्री योगी ने आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ़्तारी से हताश है उन्होंने इस सौदे में कांग्रेस नेताओं के ज़रिये डेढ़ सौ करोड़ रूपये रिश्वत लेने का आक्षेप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को न सिर्फ देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए बल्कि मिशेल के संबंध में अपना रूख भी स्पष्ट करना चाहिये उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की वजह से सेना को हथियारों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि कोई भी समाज साहित्य के बिना अधूरा है उन्होंने कहा कि समाज में जो भी घटित हो रहा है उसे साहित्यकार विभिन्न विधाओं के ज़रिये लोगों के समक्ष पेश करता है श्री नाईक कल शाम लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के बयालीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिन्दी देश के दस से ज़्यादा राज्यों में बोली और पढ़ो जाती है राज्यपाल ने लेखकों और साहित्यकारों से ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी भाषा में लिखने का आहवान करते हुए कहा कि इससे हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होगा इस अवसर पर श्री नाईक ने अड़सठ से ज़्यादा साहित्यकारों को विभिन्न विधाओं में लेखन पर सम्मानित किया

आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये आवास ऋण में छूट देने की योजना की अवधि एक साल के लिये बढ़ा दी है केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में बताया कि अगले साल इकतीस मार्च को खत्म हो रही इस योजना को अवधि बढ़ा दी गई है ताकि लोग इसका फ़ायदा दो हज़ार बीस तक उठा सकें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

प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में ठंड और कोहरे से आम जन जीवन प्रभावित है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई ज़िलों में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है एक रिपोर्ट बरेली मेरठ आगरा रायबरेली शाहजहापुर कानपुर और सुलतानपुर जिलों में न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ वहीं मुज्जफरनगर लगातार प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना रहा जहां पारा एक दशमलव दो डिग्री रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से पांच डिग्री कम रहा राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम रहा और यह तीन दशमलव तीन डिग्री रिकॉर्ड किया गया कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और तराई इलाकों में पड़ा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर पीलीभीत में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की वजह से ज़िला प्रशासन ने कक्षा आठ तक के स्कूलों में चार जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है भदोही ज़िले में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और बारह अन्य घायल हो गय हैं यह दुर्घटना आज गोपीगंज क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के पास उस समय हुई जब एक चार पहिया वाहन मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर एक खड्ड में जा गिरा हादसे में मौत का शिकार हुए लोग सीतामढ़ी से अपने गृह जनपद मिर्ज़ापुर लौट रहे थे पूलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल सात लोगों को ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि सरकार का दलितों के आरक्षण में किसी भी तरह की कटौती का इरादा नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को दलित विरोधी साबित करने के लिये ग़लत प्रचार कर रही है श्री अठावले आज बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे

बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में नव गठित कांग्रेस सरकारों से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है लखनऊ में जारी वक्तव्य में सुश्री मायावती ने कहा है कि एससी एसटी कानून उन्नीस सौ नवासी और सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण की पूर्ण रूप से बहाली की मांग को लेकर विगत अप्रैल माह में किये गये भारत बंद के दौरान इन दोनों राज्यों में जातिगत और राजनैतिक विद्वेष की भावना से जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमें चलाये जा रहे हैं उन्हें अविलम्ब वापस लिया जाये अन्यथा पार्टी इन सरकारों को दे रहे समर्थन पर पूनर्विचार कर सकती है देवरिया ज़िला प्रशासन ने ज़िला जेल में छब्बीस दिसम्बर को एक कारोबारी के साथ मारपीट और जबरन सादे काग़ज़ात पर हस्ताक्षर करान के मामले में उप ज़िलाधिकारी प्रशासन की अगुवाई में एक चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है ज़िलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि लखनऊ के एक कारोबारी मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया है कि देवरिया ज़िला कारागार में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के इशारे पर उसके व्यक्तियों ने मोहित को लखनऊ से अग़वा कर देवरिया ज़िला जेल में उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि सादे काग़ज़ात पर हस्ताक्षर कराये हैं इस बीच राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देवरिया जेल में निरूद्व पूर्व सांसद अतीक़ अहमद को बरेली काराग़ार में स्थानान्तरित करने का फ़ैसला किया है